सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल मनाई जायेगी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रदेशभर में होगा रन फोर यूनिटी का आयोजन

कल जयपुर में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर मंथन किया गया भाजपा कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख सदस्यों ने बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की वहीं कांग्रेस में भी प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिये बैठकों का दौर लगातार जारी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि युवाओं से मतदान का डेमो भी कराया गया

दोनो विधानसभा क्षेत्रों में विशेष निगरानी और ट्रेकिंग रहेगी

पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और संयोजक राजीव गोड़ा ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी शुरूआत की

खींवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने कल जयपुर में आयोजित किसान हंकार महारैली में अपनी नई पार्टी की घोषणा की श्री बेनीवाल की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चुनाव चिन्ह पानी की बोतल होगा प्रदेशभर से बडी संख्या में आये युवाओं और किसानों के बीच हुकांर रैली में तीसरे मोर्चो के गठन की भी घोषणा की गई रैली को सम्बोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसानों के हितों की बात करने वाले और समान विचारधारा के सभी दलों को पार्टी से जोडकर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प पेश किया जाएगा रैली में भारती वाहिनी पार्टी के अध्यक्ष और सांगानेर से विधायक घनश्याम तिवाडी राष्ट्रीय लोकदल से पूर्व सांसद जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे इस अवसर पर श्री तिवाडी ने कहा कि जहां जहां भाजपा तथा कांग्रेस की सरकारे हैं वे सभी राज्य बीमारू हैं और तीसरा मोर्चा अगर सत्ता में आता है तो राज्य को बीमारू श्रेणी से बाहर लाया जाएगा

न्यायालय ने परिवहन विभाग से ये घोषणा करने को कहा है कि ऐसे वाहन चलते पाये जाने पर जब्त कर लिये जायेंगे मामले में अगली सुनवाई एक नवम्बर को होगी

बैंच ने सेन्ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तत्काल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहा जहां नागरिक सीधे प्रदूषण के संबंध में शिकायत दर्ज करा सके वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने कम प्रद्षण फैलाने वाले किफायती हरित पटाखे तैयार किए हैं

प्रयोगशालाओं में इन्हें विकसित किया गया है लेकिन इनके बाजार में आने में अभी समय लगेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राजसमंद जिले में वीडियो कांफेसिंग के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अब समय आ गया है कि देश में रक्षा सामग्री के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जाए नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में जनरल रावत ने कहा कि सेना बदलाव की ओर अग्रसर है और देश में भारी मात्रा में अत्याध्रनिक हथियारों की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भारत हथियारों और रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक है

सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस मौके पर प्रदेशभर में रन फोर यूनिटी का आयोजन होगा जयपुर में रन फोर यूनिटी की शुरूआत रामनिवास बाग से होगी इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर प्रष्यांजलि कार्यक्रम भी होगा वहीं शाम को छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक आरएसी पुलिस बैण्ड वादन एनसीसी स्कॉउट गाईड का मार्चपास्ट और एमजीडी स्कूल के छात्र छात्राओं का बैण्ड वादन कार्यक्रम आयोजित होगा